कोविड महामारी के ख़िलाफ़ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

प्रधानमंत्री ने कहा कि नया साल आध्यात्मिक आभा का वर्ष है और प्रेरणा देने वाला है श्री मोदी ने कहा कि यह प्रतिमा विश्व के लिए शांति और अहिंसा की प्रेरणा का स्रोत बनेगी बाइट संत जन भारत से हमेशा पूरे विश्व को मानवता को शांति अहिंसा और बंधुत्व का मार्ग दिखाया है ये वो संदेश है जिनकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है इसी मार्ग दर्शन के लिए दुनिया आज एक बार फिर भारत की ओर देख रहा है मुझे विश्वास है कि ये स्टेचू ऑफ पीस विश्व में शांति अहिंसा और सेवा का एक प्रेरणास्रोत बनेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि आचार्य वल्लभ ने भारत को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया उन्होंने कई राज्यों में कई शिक्षा संस्थानों की स्थापना की श्री मोदी ने कहा कि देश महिला शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए इन संस्थाओं का ऋणी है उन्होंने संतों और महात्माओं से आग्रह किया कि वे वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय चीज़ों को अधिक महत्व देने के संदेश को अपने अनुयायियों तक पहुंचाएं प्रधानमंत्री ने कहा कि संतों और महात्माओं ने स्वाधीनता आंदोलन को सुदृढ़ करने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बाइट इस बात को हमेशा याद रखना होगा कि भारत के आजादी के आंदोलन की पीठिका भक्ति आंदोलन से हुई है जन जन को भक्ति आंदोलन के माध्यम से हिन्दुस्तान के कोने कोने से संतों ने महंतों ने ऋषियों ने मुनियों ने आचार्यो ने भगवंतों ने उस चेतना को जागृत किया एक पीठिका तैयार की थी और उस पीठिका ने बाद में आजादी की आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत दी और उस पूरी पीठिका को तैयार करने वालों में जो देश में अनेक संत थे उसमें एक गुरु बल्लभ का बहुत बड़ा योगदान है भारत ने विश्व को हमेशा मानवता शांति अहिंसा और भाईचारे का रास्ता दिखाया उन्होंने कहा कि यही वह संदेश है जिसकी प्रेरणा भारत विश्व को देता रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी के लिए विश्व आज एक बार फिर भारत की ओर देख रहा है

उनका जीवन सादगी भरा था और वे भगवान महावीर के संदेशों के प्रसार के लिए समर्पण भाव से काम करते रहे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण और उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं श्री शाही आज महोबा के जैतपुर विकासखंड स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र में किसानों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने के बाद महोबा ज़िले के करीब साढ़े छियालीस हज़ार किसानों के दो सौ तिरसठ करोड़ रूपये का क़र्ज़ माफ किया गया है इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर ब्रन्देलखंड के सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों को दस दस लाख रूपये की धनराशि मुहैया कराई गई है जिससे उन्नतिशील बीजों का उत्पादन हो सके कृषि मंत्री श्री शाही ने कहा कि खेती से ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने और पैदावार बढ़ाने के लिये तकनीकी का इस्तेमाल ज़रूरी है इस सिलसिले में केन्द्र सरकार किसानों को अनुदान एफपीओ और दस लाख किसान समूह बनाकर तकनीकी से जोड़ने का प्रयास कर रही है आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है

आज ही के दिन भारतीय प्रेस परिषद ने काम करना शुरू किया जिस का गठन प्रेस के उच्च मानदंड बनाए रखने और उसे बाहरी पाबंदियों दबावों और ख़तरों से बचाने के लिए नैतिकता के प्रहरी के रूप में किया गया था इस अवसर पर भारतीय प्रेस परिषद द्वारा आयोजित एक वेबिनार में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रेस की आज़ादी पर हमला उचित नहीं है बाइट प्रेस के लोग ही स्वयं एक रिस्पांसिबल फ्रीडम का एक आदर्श देश में स्थापित हो इसके लिए सारी व्यवस्थाओं को सुधार कर उसको ठीक तरीके से चलाने का चौलेंज को स्वीकार करे सरकार इसमें पड़ना नहीं चाहती सरकार हस्तक्षेप करके किसी आजादी को रोकना नहीं चाहती लेकिन यह आपकी जिम्मेवारी है जब सरकार आप पर विश्वास रख रही है तो आप भी रिस्पांसिबल जनर्लिज्म का एक रिस्पांसिबल फ्रीडम का उदाहरण पेश करें और यही हमारी चुनौती है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

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण में कमी आ रही है उन्होंने कहा कि दिल्ली से लगे प्रदेश के सीमावर्ती ज़िलों में कोरोना संक्रमण के कुछ मामले बढ़े हैं इसलिये उन ज़िलों में विशेष सावधानी बरती जा रही है श्री सहगल आज लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में टेस्टिंग की रफ़्तार पूर्ववत रखी जा रही है ताकि जल्द से जल्द संक्रमण की पहचान की जा सके इसके अलावा लक्षित समूहों की भी जांच निरन्तर की जा रही है और कोविड अस्पतालों में समुचित व्यवस्था है

भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भैय्या दूज और यम द्वितीया का पर्व आस्था और उल्लास के साथ आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है आज के दिन बहनें अपने भाई की लम्बी आयु और ख़ुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं और बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं इस पर्व को देश के विभिन्न हिस्सों में भाऊ बीज भथरू द्वितीया भाई पोटा निन्गल चाकूबा और भाई टीका जैसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है मथुरा वृंदावन क्षेत्र में लोग कोविड सावधानियों का कड़ाई से पालन करते हुए इस पर्व को उत्सव के रूप में मना रहे हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट हजारों श्रद्धालु सुबह से ही यमुना नदी में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं इस दौरान सामाजिक दूरी का भी पालन किया जा रहा है देशभर से श्रद्वालु यम द्वितीया के मौके पर मथ्ररा आते हैं और खासतौर पर भाई बहन एक साथ यमुना नदी में डुबकी लगाने के बाद यमराज का आशीर्वाद लेते हैं ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो बहने अपने भाइयों को भोजन कराती हैं वह सारी जिंदगी सौभाग्यवती रहती हैं और बहनों के घर भोजन करने वाले भाइयों को भी लंबी उम्र मिलती है इस दिन को भाई दूज के तौर पर भी मनाया जाता है इस मौके पर पूरे प्रदेश की जेलों के बाहर जेल में बंद कैदियों की बहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं जो अपने भाइयों के माथे पर टीका करके उनकी लंबी उम्र की दुआ करने लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ रामनगरो अयोध्या में प्राचीन मान्यताओं को संजोये सरयू के जमथरा घाट पर परम्परागत यम द्वितीया मेले का आयोजन किया गया है जहां सुबह से ही श्रद्वालु पवित्र सरयू में डुबकी लगाकर दीर्घायु होने की कामना के साथ यमराज की पूजा अर्चना कर रहे हैं यहां भइया दूज और यम द्वितीया पर्व का अनूठा संगम भी देखने को मिल रहा है सर्दी के मौसम की शुरुआत पर आज सवेरे केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रद्वालुओं के लिए बंद कर दिये गये इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद थे